स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में होगा सूर्य नमस्कार का आयोजन

इसमें साढे तीन लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होगे

उम्मीदवारों के लिये राहत की बात यह है कि उन्हें परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश की अनुमति दी गई हैं अभी तक इन पर भी रोक थी लेकिन कड़ाके ठण्ड के मद्देनजर सरकार ने इन पर लगी रोक हटा ली है

हालांकि चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश पर पहले की तरह रोक होगी इसके अलावा बालों को बांधने का किलेचर बकल घड़ी हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड कमर में पहने जाने वाली बेल्ट चश्मे पर्स वालेट टोपी पहनने पर रोक रहेगी वहीं सिर नाक कान गला हाथ पैर कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे कलावा रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के बाद ही परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को अनुमति दी जाएगी महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे चुन्नियाँ जांच कर तुरंत वापस लौटा दी जाएगी सभी परीक्षा केन्द्रों पर मेडीकल किट सहित डाक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी

भाजपा सीएए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कल जबलपुर में जन जागरूकता अभियान के लिये एक सभा को संबोधित करेंगे

हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन मंत्री सुहास भगत ने सभा स्थल का जायजा लिया उधर डिण्डोरी में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज प्रबुद्धजनों को संबोधित किया वहीं इन्दौर में आज इस कानून के समर्थन में भारत सुरक्षा मंच द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया उमरिया शिवपुरी सहित कई जिलों में भी आज जागरूकता मंच द्वारा रैली निकाली गयी खंडवा जिले में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल तिरंगा रैली और मंदसौर में महा मौन रैली हुई सूर्य नमस्कार स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में सुबह आठ बजे सभी जिला मुख्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा इसका आकाशवाणी से भी सीधा प्रसारण किया जाएगा इंदौर के एपीटीसी ग्राउंड पर शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी शिक्षक अधिकारी कर्मचारी और स्वयंसेवी संगठन इसमें भाग लेंगे वहीं खंडवा में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये जाएंगे दूसरी ओर श्योपुर से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में मेले के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी मंदसौर अशोक नगरमंडला आगरमालवा सहित अन्य जिलो में भी इस अवसर पर विभिन्न आयोजन होंगे

इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के सवालों के जबाब भी देंगे

केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से नवीं कक्षा की छात्रा तन्वी भोयर और उज्जैन से ओम परमार का चयन भी इस कार्यक्रम के लिए हुआ है वहीं छतरपुर जिले से कांची श्रीवास्तव वैभव सिंह चन्देल विदुषी रावत और लवकुश नगर के आयुष रैकवार सहित चार विद्यार्थियों को भी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा

इसके तहत आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया इस सप्ताह के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली और अन्य माध्यमों से सडक सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिये चित्रकला वाद विवाद पोस्टर निबंध और नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा वहीं सतना मंडला सहित अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यातायात नियमों की जानकारी देने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं से भोपाल सहित रीवा सागर शहडोलजबलपुर संभागों तथा बैतूल रायसेन सीहोर ग्वालियर दतिया रतलाम जिलों में कल भी शीतलहर चलने के आसार है